उन्होंने बताया कि अंतराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल करेंगे इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डा राजीव बिन्दल भूगर्भ एवं खान मंत्री नायब सिंह सद्वी सांसद रतन लाल कटारिया भी लेंगे इस कार्यक्रम में जिले के शिक्षण संस्थानों के लगभग पांच हजार विदयार्थी भाग लेंगे उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम के दौरान आदिबद्री क्षेत्र व सरसबती नगर में प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी

उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि ह्रा रोज़गार का ये सिलसिला अब यू नहीं चलता रहेगा

काबिले गौर ह जींद उप च्नाव में आम आदमी पार्टी ने जन नायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिगिवजय चौटाला का समर्थन किया था

हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निय्क्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल श्रू कर दी हथ़जो कल तक जारी रहेगी भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि एनएचएम कर्मचारियो को अन्बंध आधार पर रखा गया था अब ये कर्मचारी नियमित करने और जोब सिक्योर्टी की मांग को लेकर दो दिन की हड़ताल पर हैं हड़ताल कर रहे यह कर्मचारी अब नियमित करने तथा नौकरी सुरक्षा और सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे हण उनका कहना ह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन परियोजना लागू रहने तक उनकी निय्क्ति पक्की होनी चाहिए

हादसाहिसार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ

इस अभियान के तहत सरकारी व निजी स्कूलों के अलावा स्कूल न जाने वाले बच्चों को कवर किया जायेगा